मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने विश्व की पहली न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए एक दशमलव पांच किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है

पिछले पांच छह वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है

भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण ईकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कम लागत पर उत्पाद पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध होगी

प्रधानमंत्रो ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल म स्वदेश में निर्मित दो कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार पूर देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है

दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्स को देश की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे अमरीका में वॉशिंगटन पुलिस ने कहा है कि कल रात डॉनल्ड ट्रम्प समर्थकों के कैपिटल बिल्डिंग पर हमले के दौरान चार लोगों की मौत हो गई

कैपिटल बिल्डिंग के आसपास के इलाकों में पुलिस अधिकारी तैनात हैं ट्रम्प समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर उस समय धावा बोल दिया जब संसद में नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चूनाव में विजेता प्रमाणित करने पर बहस हो रही थी हिंसा के बाद वाशिंगटन डीसी में कफ्य् लगा दिया गया इस बीच अमरीकी संसद ने जो बाइडन को देश का नया राष्ट्रपति और कमला हेरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर दी है कोरोना संक्रमण कम होने से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं और सरकार के राजस्व में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम के चलते बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं

लखनऊ में आज उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं आयोगों विभागों और निगमों तथा परिषदों को उनक यहां लंबित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिये कहा गया है उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर पैकेज में चार लाख सैंतीस हजार इकाइयों को ग्यारह हजार एक सौ करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से वितरित कराये गये

प्रदेश में आगामी दस जनवरी से मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया जायेगा राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि इन मेलों का आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य कन्द्रों पर किया जायेगा उन्होंने बताया कि सत्रह जनवरो को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर राज्य में पल्स पोलियो का अभियान चलाया जायेगा जिसे अंतर्गत पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जायेगी बेटियों को सम्मान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आगामी जनवरी और फरवरी माह में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगी

इसके अंतर्गत मां और बेटी को उपहार दिये जायेंगे जनपदों में एक जनवरी से बीस जनवरी तक जन्म लने वाली बेटियों की संख्या के बराबर वृक्षारोपण किया जायेगा इस दौरान बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिये प्रशासन की पाठशाला कार्यक्रम का भी आयोजन किया जायेगा जिसमें पुलिस फौज मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य क्षेत्रों में जाने का सपना संजोए बेटियों की काउंसलिंग की जायेगी राज्य में कोराना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है और पिछले चौबीस घंटों क दौरान यहां कोराना के आठ सौ पन्द्रह नये मामले सामने आये राज्य में इस समय कोरोना के कुल ग्यारह हजार सात सौ सत्तासी सक्रिय मामले हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि अब तक पांच लाख सत्तर हजार छह सौ पांच कोरोना रोगी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के सक्रिय रोगियों में से चार हजार सात सौ दो रोगी घर पर ही इलाज ले रहे हैं और एक हजार अड़सठ मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं शेष कोरोना मरीज शासकीय अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं अब तक प्रदेश में कुल दो करोड़ अड़तालीस लाख सत्तासी हजार नौ सौ तीस कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है उन्होंने बताया कि कोरोना के संबंध में सर्विलांस व्यवस्था के अन्तर्गत एक लाख इक्यासी हजार चार सौ दो क्षेत्रो में सर्विलांस टीमों ने दौरा किया और कुल पन्द्रह करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई उन्होंने बताया कि ई संजीवनी एप लोगों के इलाज में काफी मददगार साबित हो रहा है और अब तक इसके माध्यम से तीन लाख साठ हजार एक सौ छह लोगों ने घर बैठे चिकित्सकीय लाभ हासिल किया है

भर्ती मुख्यालय जेडआरओ मेजर जनरल एन एसराजपुरोहित ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पुलिस के दूसरे बैच की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है उन्होंने बताया कि महिला सैन्य पुलिस के सौ पदों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से प्राप्त आवेदनों में से पांच हजार आठ सौ अट्ठान्नबे महिला उम्मीदवारों को छांट कर उन्हें ऑनलाइन प्रवेश पत्र भेज दिया गये हैं

अमरोहा जनपद में खाद्य पदार्थों के तीस मामले में मिलावट की प्रष्टि होने पर संबंधित विक्रेताओं पर इक्कीस लाख सड़सठ हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है अपर जिलाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि बीते दिनों एफडीए ने विभिन्न स्थानों से दूध मावा तेल घी मिर्च मसाले सहित अन्य वस्तुओं के सैम्पल लिये थे रिपोर्ट में सैम्पल अधोमानक पाये जाने पर विक्रेताओं के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया था उसी के अंतर्गत जूर्माने की यह कार्रवाई की गई केन्द्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने आज सुल्तानपुर जनपद के हलिया बाजार में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि महिला कल्याण के लिये केन्द्र सरकार ने कन्या सुमंगला योजना सहित कई योजनाएं संचालित की हैं जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए